कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

यह महोत्सव स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रंखला है अगले वर्ष आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ से पचहत्तर सप्ताह पहले आज से इन कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पद यात्रा के पचहत्तर किलोमीटर के पहले चरण का नेतृत्व करेंगे श्री पटेल ने बताया कि देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

प्रदेश के पंचायती राज प्रतिनिधियों के टीकाकरण के लिए आज राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है महिला दिवस की तर्ज पर चलाये जाने वाले इस अभियान के तहत अधिक से अधिक पंचायती राज प्रतिनिधियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है इधर प्रदेश में अब तक ग्यारह लाख बहत्तर हजार पांच सौ तीस लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इसमें नौ लाख तेरह हजार छह सौ सड़सठ लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि दो लाख अंठावन हजार आठ सौ तिरसठ लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो नौ प्रतिशत है कल चौबीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख इकसठ हजार सैंतीस हो गयी है वर्तमान में तीन सौ तेईस लोगों का उपचार चल रहा है कल प्रदेश के चौदह जिलों से कोविड के पैंतालीस नये मामलों की पुष्टि हुई इसमें सबसे अधिक सत्ताईस मामले पटना से हैं कल कोरोना से राज्य में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है कोरोना टीकाकरण में लापरवाही बरतने वाले पटना के पांच प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने बताया कि बिक्रम दानापुर नौबतपुर दुल्हिनबाजार और पालीगंज स्थित हेत्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रभारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष से पंचायतों में संचालित होने वाली सभी योजनाओं के लिए चेक की जगह ऑनलाईन भूगतान अनिवार्य कर दिया है जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में पन्द्रहवें वित्त आयोग की राशि से संचालित होने वाली सभी योजनाओं में खर्च की राशि का ऑनलाईन भुगतान करना होगा ऑनलाईन भूगतान के लिए ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के डिजिटल हस्ताक्षर के लिए अभियान चलाया जा रहा है नयी व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद योजनाओं की राशि के भुगतान के लिए मुखिया सहित अन्य प्रतिनिधि चेक नहीं काट सकेंगे योजना मद में खर्च की गयी राशि का विवरण ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा राज्य सरकार ने बाजार हाट मेला और बस अड्डा समेत अन्य सैरातों से वसूली जाने वाली टैक्स में छूट देने का फैसला किया है कोरोना के कारण चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली लक्ष्य के आधा भी नहीं हो पाने के कारण यह फैसला किया गया है सैरात बंदोबस्त करने वाले ठेकेदार सरकार से लगातार बंदोबस्त राशि वापस करने की मांग कर रहे थे सरकार ने बंदोबस्तधारियों को राहत देने के लिए हर जिले में तीन सदस्यीय कमिटी बनायी है जो स्थानीय स्तर पर समीक्षा कर बंदोबस्त राशि की वापसी पर फैसला करेगी प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए पांच कमिटियों का गठन किया गया है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदरूसा की हुई बैठक में समितियों के गठन को मंजूरी दी गयी इन समितियों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति प्राचार्य संकाय प्रधान और प्रभारियों को शामिल किया गया है केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह पन्द्रह मार्च को ग्राम उजाला योजना की भोजपुर जिले से शुरूआत करेंगे इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को नौ और बारह वाट के पांच एलईडी बल्ब दस रूपये प्रति बल्ब की दर से उपलब्ध कराये जायेंगे वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा है कि वन विभाग अगले कुछ दिनों में पांच करोड़ पौधारोपण करेगा पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रही है इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि गंगा नदी में गाद की समस्या लगातार गंभीर हो रही है और इसका जल्द समाधान करने की आवश्यकता है राज्य में बिना टैक्स चुकाये चल रहे ईंट भट्ठों को बंद कर संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी खान और भूतत्व विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर ने इस संबंध में अधिकारियों को आदेश दिया है राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर टॉल फ्री नम्बर जारी किया है लोग टेलीफोन नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच सात दो चार तीन पर कॉल कर चुनाव से संबंधित सुझाव और शिकायत दर्ज करा सकते हैं यह नम्बर कार्यालय अवधि में काम करेगा मैट्रिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य आज से शुरू हो रहा है बिहार विद्यलय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मूल्यांकन कार्य के लिए राज्य में भर एक सौ पचास केन्द्र बनाये गये हैं मूल्यांकन का काम चौबीस मार्च तक चलेगा मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जतायी है इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि काल वैशाखी के प्रभाव से बारिश के अनुकूल स्थितियां बन रही हैं

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चन्द्र ने यह जानकारी दी भारत सरकार के अधीन कार्यरत स्वायत्तशासी संस्था विज्ञान प्रसार की मैथिली पत्रिका विज्ञान रत्नाकर का कल लोकार्पण हुआ राज्य के विज्ञान और प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए दिल्ली में आयोजित समारोह में पत्रिका का लोकार्पण किया उन्होंने इस नई शुरूआत के लिए विज्ञान प्रसार की पूरी टीम को बधाई दी पटना के फतुहा स्थित एक बंद पड़े गोदाम से पुलिस ने तीस लाख रूपये से अधिक मूल्य की शराब बरामद की है मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है गोदाम को सील कर जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है इधर सीवान जिले के गौरियाकोठी थाना क्षेत्र के सिसई गांव के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से पच्चीस लाख रूपये मूल्य की शराब जब्त की है मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है द्रसरी तरफ जहानाबाद जिले घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत झुनकी घाट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से तीन सौ कार्टन शराब बरामद की है कुख्यात इनामी अपराधी चन्दन सोनार को पुलिस ने मध्यप्रदेश के सिंगरोली से गिरफ्तार कर लिया है वह मूल रूप से वैशाली जिले का रहने वाला है उसकी बिहार पश्चिम बंगाल और गुजरात पुलिस को कई मामलों में तलाश थी पुलिस थानों में डाटा इंट्री ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो जालसाजों को पटना से गिरफ्तार किया गया है नवादा नगर थाना परिसर में आग लग जाने से एक दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर नष्ट हो गयी अगलगी की घटना में लगभग पचास लाख रूपये की क्षति का अनुमान है जमुई जिले के सिकंदरा खैरा मुख्य मार्ग पर एक चार पहिया वाहन ने सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को कुचल दिया जिसमें दो की मौत हो गयी वहीं कटिहार जिले के फल्का थाना क्षेत्र अंतर्गत भंगहा गांव में एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार दो लोगों की मौत हो गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है कोरोना ने फिर डराया हर हफ्ते तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है न करें लापरवाही अभी खत्म नहीं हुई है कोरोना महामारी दैनिक भास्कर लिखता है ईवीएम में फंसा पंचायत चुनाव अब तय समय पर नहीं हो पायेगा प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है खाने से लेकर सफर तक महंगा दैनिक आज ने लिखा है साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों का एक अप्रैल से बढ़ेगा वेतन राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है बैंक कल से चार दिनों तक बंद रहेंगे इसके अलावा सभी समाचार पत्रों ने महाशिवरात्रि से जूड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है और अब अंत में मुख्य समाचार देश भर में आज से शुरू हो रहा है आजादी का अमृत महोत्सव

कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका